मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग की ओर से किए गए ट्वीट के अनुसार राजधानी भोपाल में अब आकर्षक स्वरूप में पुलिस बैंड और आम लोगों की सहभागिता के साथ वंदेमातरम गायन होगा

इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाकर आम लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा

कलेक्टर अपने जिलों के मीसा बंदियों का सत्यापन कर रिपोर्ट देंगे और वास्तविक मीसाबंदी पाये जाने पर कलेक्टर पेंशन दोबारा शुरू कर सकेंगे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टर्स को इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि पिछले कुछ वित्तीय वर्षों से प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के भुगतान में बजट प्रावधान से अधिक राशि व्यय किये जाने की स्थितियाँ संज्ञान में आयी है आगे ऐसा न हो इसके लिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि भूगतान की वर्तमान प्रक्रिया को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाये जाने की आवश्यकता है

नरेंद्र सलूजा प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार द्वारा मीसाबंदियों की पेंशन मामले में भौतिक सत्यापन के आदेश जारी होते ही फर्जीवाड़े के मामले सामने आने लगे हैं श्री सलूजा ने ट्वीट किया है कि मीसाबंदियो की पेंशन के सामान्य प्रशासन विभाग के भौतिक सत्यापन के आदेश जारी करते ही फ़र्ज़ीवाडे के मामले सामने आना शुरू हो गये इसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिये और जिन्होंने फर्जी तरीके से पेंशन ली है उनसे वसूली भी होना चाहिये पुलिस अवकाश प्रदेश में आज से पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलने शुरू हो गये हैं इसके लिए रोस्टर तैयार कर लिया गया है पुलिसकर्मियों को अवकाश के लिये पुलिस अधिक्षक जिले में थाना और चौकियों में पदस्थ कर्मियों का रोस्टर तैयार कर रहे हैं राजधानी भोपाल में पुलिसकर्मियों को पहला वीकऑफ आज मिला है आज आठ इंस्पेक्टर सहित चार सौ पचास पुलिसकर्मी छुट्टी पर हैं वहीं छिंदवाड़ा में भी पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश आज ही मिला है

जलावर्धन योजना शिवप्री जिले की कलेक्टर अनुग्रह पी ने कल सिंध जलावर्धन योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया इस दौरान कलेक्टर ने इन्टेकवेल सतनवाड़ा स्थित जलशोधन संयंत्र और डूब क्षेत्र में स्थित रॉ वाटर राईजिंग मेन तथा सतनवाड़ा से खूबत घाटी तक बदले जाने वाले क्लीयर वाटर राईजिंग के कार्य का निरीक्षण किया कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं उनके समय सीमा में पूर्ण किए जाने का विस्तृत ब्यौरा दिया जाए मौसम प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में तेज ठंड का असर अभी भी बना हुआ है

वहीं अन्य जिलों के मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं रहा प्रदेश का सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया